प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल को प्रोत्साहन देते हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में आज से कार्रवाई ई विधानसभा परियोजना के अंतर्गत पेपर लेस हो गई है

यह सत्र दस मार्च तक चलेगा कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने पंचायत च्नाव दलगत आधार पर नहीं काराएं जाने के संबंध में विधानसभा में बहस की श्राआत करते हए कहा कि ग्राम स्तर पर अन्भव और योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के निर्वाचन को प्रोत्साहन देने के लिए यह जरुरी है इस चर्चा में विधानसभा में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया भाजपा के सदस्य जहां एक तरफ च्नाव में अन्शासन और गांवों के विकास के लिए पार्टी सिस्टम से चुनाव कराने की वकालत की वहीं अन्य दलों के सादस्यों ने व्यापक भागीदारी के लिए पार्टी लाईन से हटकर पंचायत च्नाव का समर्थन किया विधानसभा में पंचायत मंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न स्तर पर चर्चा के बाद दलगत आधार पर चुनाव की तैयारियां शुरु कर दी है इसलिए अब इसमें किसी भी तरह के बदलाव का सवाल नहीं उठता कांगेस विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग ने राज्य विधानसभा में ह्कानजिरी खोंसा सड़क परियोजना के मुद्दे को उठाते हए कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में हो रहे विलंब से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है श्री लोवांगडिंग ने कहा कि पिछले कई वर्षों से विधानसभा में इस सड़क के निर्माण का मुद्दा उठते रहा है इसके बावजूद यह परियोजना अभी तक श्रु नही हो पाया है अपने जवाब में म्ख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने कहा कि हकानजिरि खोंसा सड़क परियोजना के क्छ हिस्सों के लिए वन और पर्यावरण मंजूरी अंतिम चरण में है और जल्द ही परियोजना कार्य श्रु हो जाएगी विधायक निनोंग इरिंग ने द्रनियाभर में आर्थिक मंदी को देखते हए वित्तमंत्री चाउना मैन से उठाएं जा रहे कदमों के बारे स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश वित्तीय संसाधनों के लिए केंद्र पर निर्भर है और समय रहते केंद्र सरकार से विभिन्न मदो में पर्याप्त बजट आवंटन के लिए कदम उठाया जाना चाहिए विधानसभा में जवाब देते हए वित्तमंत्री चाउना मैन ने कहा कि चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को बढ़ाया था और उम्मीद है कि पंद्रहवां वित्त आयोग राज्य की विकास जरुरतों को ध्यान में रखते हए आवश्यक प्रावधान करेगा

यह तीन अप्रैल तक चलेगा

केंद्रीय बजट एक फरवरी को प्रस्त्त किया गया था

उन्होंने जोर देकर कहा कि सी ए ए के तहत जब तक देश में सभी शरणार्थियों को नागरिकता नही मिल जाती तब तक सरकार नहीं रुकेगी विपक्षी दलों पर शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों को ग्रमराह करने का आरोप लगाते हए उन्होंने कहा कि सी ए ए कानून से एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी

श्री खाण्ड्र ने कहा कि लोगों की राय को ध्यान में रखते हए म्ख्यालय के लिए संभावित सर्वोत्तम साइट का अध्ययन करने के लिए जिला उपायुक्त के अंदर एक समिति का गठन किया ग्या है उन्होंने कहा कि जिला म्ख्यालय पर निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक के जरिए अंतिम रुप दिया जाएगा और इस पर प्रक्रिया पहले से शुरु कर दी गई है

सात मार्च तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का आयोजन कपड़ा एवं हस्तशिल्प विभाग के सहयोग से किया जा रहा है प्रदर्शनी में विभिन्न स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करती कृल नब्बे स्टॉल लगाये गए है